राजधानी क्षेत्र के लेखी स्थित बिनि यांगा राजकीय महिला कॉलेज के वार्षिक उत्सव समारोह को संबोधित करते हुए श्री तेदीर ने कहा कि साठ के दशक में जब हमारे सामने ज्यादा चुनौतियां थी और शिक्षा के बेहद सीमित अवसर उपलब्ध थे लेकिन आज हमारे छात्र पहले से कही अच्छा प्रदर्शन और प्रतियोगिताओं में सफल होने की क्षमता रखते है श्री तेदिर ने इससे पहले कॉलेज में नवनिर्मित प्रयोगशाला का भी उद्घाटन किया समारोह को संबोधित करते हुए शिक्षा सचिव सुश्री मध्रानी तेवतिया ने कहा कि जल्द ही इस कॉलेज को नए स्थायी भवन में स्थानांतरित कर दिया जाएगा उन्होंने कॉलेज की एनुअल डे की सराहना करते हुए ऐसे कार्यक्रम छत्राओं को एक मंच प्रदान करते है जो उनके प्रतिभाओं को निखारने के लिए जरुरी है

वायुसेना के अनुसार यह अभियान काफी जटिल और चुनौतीपूर्ण था इस अभ्यास की सफलता ने यह साबित कर दिया कि जरुरत पड़ने पर बहुत कम समय में वायुसेना के लिए हथियारों को अग्रिम मोर्चे तक पहुंचा सकता है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ए बी वी पी का सातवां राज्य स्तरीय सम्मेलन राजधानी क्षेत्र ईटानगर में आयोजित किया गया सम्मेलन में राज्यभर से आये विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रदेश के गृहमंत्री बामंग फेलिक्स ने कहा कि हम सभी को मिलकर राज्य में सकारात्मक बदलाव की दिशा में काम करना होगा श्री फेलिक्स ने कार्यकर्ताओं को आश्वास्त करते हुए कहा कि राज्य सरकार भी ऐसे सभी सकारात्मक प्रयासों में प्ररा सहयोग कर रही है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी इंचार्ज श्रीहरी बोरिकर ने कहा कि सरकारात्मक दिशा में काम करने के लिए यूवाओं को अच्छा नागरिक बनना पड़ेगा उन्होंने कहा कि विद्यार्थी परिषद छात्रों को अच्छा नागरिक बनाने के लिए समर्पित है राज्य के परिवहन मंत्री नाकाप नालो ने कहा है कि केंद्रीय मोटर वाहन विधेयक में आवश्यक संशोधन कर जल्द ही इसे राज्य में लागू किया जाएगा उन्होंने कहा कि तेजी से बढ़ते वाहनों की संख्या के कारण राजधानी ईटानगर में यातायात को नियंत्रित करना और पार्किंग की व्यवस्था च्नौतीपूर्ण कार्य है उन्होंने कहा कि परिवहन विभाग प्रदेश के लोगों केको हितों को ध्यान में रखकर काम कर रहा है और आरामदायक यात्रा के लिए अच्छे वाहनों को परिवहन सेवा में शामिल किया जा रहा है श्री नालों ने कहा कि परिवहन विभाग द्वारा राजस्व संग्रह को बढ़ाने के बजाय आम लोगों को ध्यान में रखकर किराये का निर्धारण किया जाता है रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने निजी क्षेत्र से रक्षा उद्योग में सक्रिय भागीदारी निभाने को कहा है नई दिल्ली में इंडिया इंटरनेशनल सिक्योरिटी एक्सपो को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत को महाशक्ति बनना है तो वह हथियारों के लिए अन्य देशों पर ही निर्भर नहीं रह सकता रक्षामंत्री ने कहा कि घरेलू रक्षा उद्योग को वर्ष दो हजार पच्चीस तक विश्व स्तरीय और छब्बीस अरब डालर का बनाने का लक्ष्य है उन्होंने कहा कि पांच ट्रिलियन डालर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए जरुरी है कि हर नागरिक स्वयं को सुरक्षित महसूस करे और देश के समग्र विकास में सहयोग करें राजनाथ सिंह ने बताया कि रक्षा क्षेत्र में सूक्ष्म लघु और मझौले उद्यमियों की भागीदारी बढ़ाने और लाइसेंस प्रणाल उदार बनाने के कई उपाय किए जा रहे है भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो दर में पच्चीस आधार अंकों की कटौती करके इसे पांच दशमलव चार प्रतिशत से घटाकर पांच दशमलव एक पांच प्रतिशत कर दिया है इसके साथ ही रिवर्स रेपो दर भी घटाकर चार दशमलव नौ और बैंक दर पांच दशमलव चार प्रतिशत कर दी गई है आज मुंबई में बैंक की चौथी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए आर बी आई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बताया कि मौद्रिक नीति समिति ने हाल के आर्थिक और वित्तीय घटनाक्रम पर विचार करके उसका आकलन किया